सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक आज धर्मशाला रिथित सचिवालय में होगी संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी समझा जाता है कि दोनों ही दल इन बैठकों में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे इधर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह टिप्पर कुपवी से हरिपुरधार की ओर जा रहा था मृतकों की पहचान शिलाई निवासी वेद प्रकाश तथा सोहन के रूप में की गई है प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को दस दस हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है

दोनों मृतक चालक व परिचालक थे पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है पत्र प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ की सिरमौर इकाई ने शिक्षा उच्च निदेशक से शीतकालीन स्कूलों की दसवीं व जमा दो की परीक्षाओं को दिसम्बर माह में कराने का आग्रह किया है संघ के अध्यक्ष सुरेश पुंडीर ने बताया कि शीतकालीन अवकाश में ठंड अनियमित विद्युत व जलापूर्ति और शिक्षकों के नियमित मार्गदर्शन के अभाव में डेढ़ माह के बाद छात्र परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं ले पा रहे हैं

समापन समारोह की अध्यक्षता भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बीसी नेगी ने की और विजेताओं तथा उपविजेताओं को पुरस्कृत किया

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों में भारतीय सेना अकादमी देहरादून की पासिंग आउट परेड से जुड़ी खबरें प्रमुखता लिए हुए हैं अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल के अर्जुन ठाकुर को आईएमए में स्वार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान हमीरपुर के गबरू बने सेना में अफसर गोल्ड मैडल से नवाज़ा पंजाब केसरी की सुर्खी है हमीरपुर के अर्जुन ठाकुर को स्वार्ड ऑफ ऑनर

दैनिक जागरण लिखता है हमीरपुर के अर्जुन को स्वार्ड ऑफ ऑनर व र्स्वण पदक प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की खुबर पर दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल सरकार आज धर्मशाला में पंजाब केसरी की सुर्खी है शीतकालीन सत्र के लिए सत्तापक्ष व विपक्ष बनाएगा रणनीति आपका फैसला की सुर्खी है कल भ्रष्टाचार मंहगाई पर तपेगा तपोवन शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम अजीत समाचार लिखता है शीतकालीन सत्र के लिए आज धर्मशाला पहुंचेगी सरकार अमर उजाला की एक अन्य खबर है बाप ने बड़े बेटे के साथ मिलकर छोटे बेटे को उतार दिया मौत के घाट मंडी के गोहर के सनथर गांव में जमीन बेचने को लेकर हुई बहस पर निर्मम हत्या

दैनिक भारकर की एक खबर है स्कूल टीचर्स की रिटारयमैंट मार्च में करने की तैयारी ताकि पढ़ाई पर असर ना पड़े शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट में होगा फैसला इसी ख़बर पर अमर उजाला लिखता है सत्र के बीच में सेवानिवृत नहीं होंगे स्कूली अध्यापक

ठोस बर्फ में जाम हुई हिमालय की प्रमुख नदियां शीर्षक से आपका फैसला लिखता है हिमखंडो के जाम होने से विद्युत उत्पादन में भारी कमी

दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय बेटी है अनमोल में लिखता है कि मंडी ज़िले में बेटियों के संरक्षण में देव समाज का आगे आना सराहनीय है